यह पेंशन उनके खाते में पहुंचेगी श्री शाह आज राजगढ़ जिले के ब्यावरा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे

हमारी सरकार ने सात करोड़ घरों में रसोई गेस पहुंचाने का काम किया है

श्री शाह आज नीमच जिले के मनासा में तथा सीहोर जिले के आष्टा में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे

बोर्ड ने सभी जोन के परीक्षा परिणाम एक साथ जारी किये हैं आज जारी परिणामों में एक बार फिर से छात्राओं ने बाजी मारी है

नाम वापसी लोकसभा निर्वाचन के तहत देश के सातवें चरण और प्रदेश के चौथे चरण के लिए नाम वापसी की आज अंतिम तारीख है

चुनाव अभियान प्रदेश में चुनाव अभियान के दूसरे चरण में चुनाव प्रचार अभियान तेज हो गया है केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह ने आज ग्वालियर स्थित चिटौली लखेश्वरी में सभा को संबोधित किया यह नेता अब से कुछ देर बाद खजुराहो संसदीय क्षेत्र पवई में भी सभा को संबोधित करेंगे दूसरी ओर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज खजुराहो संसदीय क्षेत्र के महाराजपुर और छतरपुर जिले के धुवारा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभाओं को संबोधित किया भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में टीकमगढ़ के निवाड़ी जतारा और बिजावर में सभाओं को संबोधित किया

इस प्रतिबंध के तहत वे सार्वजनिक सभा जुलूस रैली रोड शो साक्षात्कार और मीडिया में किसी तरह की अभिव्यक्ति नहीं कर सकेंगी

हालांकि उपचार के बाद वे चुनाव प्रचार में जुट गये हैं